राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छता श्रंगार योजना शुरू की अब शहरी क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल लोग निःशुल्क कर सकेंगे केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्तें में दो फीसदी की बढ़ोतरी की है

बारिश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के अब थमने के बाद नदी नालों का जलस्तर कम होने लगा है विभिन्न पुल पुलियों के ऊपर से पानी गुजरने के कारण जो मार्ग पिछले दो तीन दिनों के दौरान बंद थे उनमें से अधिकांश में आज आवागमन शुरू हो गया धमतरी जिले के गंगरेल बांध के ग्यारह गेट कल खोले गए थे जिनमें से छह गेट आज बंद कर दिए गए अब इस बांध के पांच गेट से तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस कारण महानदी के जलस्तर में भी थोड़ी कमी आई है जांजगीर चांपा जिले से हमारे संवाददता ने बताया कि महानदी का पानी अब शिवरीनारायण में शबरी पुल से नीचे आ गया है

वहीं दुर्ग जिले में भी शिवनाथ नदी का जलस्तर कम हुआ है

इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है

वहीं सबसे अधिक वर्षा बीजापुर जिले में एक हजार सात सौ चौदह मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा कबीरधाम जिले में पांच सौ तिरसठ मिलमीटर दर्ज की गई है इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं श्री सिंह स्वयं अधिकारियों के संपर्क में है और प्रतिदिन उनसे जानकारी ले रहे हैं उन्होंने जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्षों को चौबीसों घंटे खुला रखने को कहा है साथ ही उन्होंने स्थानीय निकायों से समन्वय बनाकर जल जमाव को रोकने के लिए जरूरी कदम के भी निर्देश दिए हैं स्वच्छता श्रंगार योजना राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छता श्रंगार योजना शुरू की है इसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल लोग निःशुल्क कर सकेंगे नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी श्री अग्रवाल ने बताया कि निकायों द्वारा इसके लिए एजेन्सी नियुक्त की जाएगी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में महंगाई भत्तें में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ फीसदी हो गया है इसके पहले यह सात प्रतिशत था इसका लाभ केन्द्र के एक करोड़ दस लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा

यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग में तय किए गए फॉर्मूलें के हिसाब से हुई है

इस पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ का चयन हाईफोकस लार्ज स्टेट की श्रेणी में किया गया है यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है पापुलेशन फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आगामी बारह अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा

कुंआकोंडा इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने घेराबंदी कर स्कूलपारा किडरीरास से इन्हें गिरफ्तार किया इन पर कई वारदातों में शाामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने वाले एक पूर्व माओवादी की हत्या कर दी मारे गए पूर्व माओवादी ने चार दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्समर्पण किया था

उन्होंने खुर्सीपार बापू नगर और तेलगु मोहल्ला में सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा श्री चंद्राकर ने मरीजों की जांच रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने और समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए श्री चंद्राकर सेक्टर नौ स्थित अस्पताल पहुंचे और वहां मरीजों से भी मुलाकात की इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय भी उनके साथ थे वहीं डेंगू से पीड़ित और मृतकों के परिजनों से मुलकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेसियों ने विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

यह दिन सुप्रसिद्व हॉकी खिलाड़ी ध्यान चंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल उनतीस अगस्त को मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर खेल से जुड़े सभी व्यक्तियों को बधाई दी है अपने संदेश में श्री मोदी ने मेजर ध्यान चंद को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाए दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन मेजर ध्यानचंद के करिश्माई खेल की याद दिलाता है और वे सदैव हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बने रहेंगे इधर राजनांदगांव जिले में खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों खेल जगत से जुड़े लोगों और बच्चों ने रैली निकाली और खेलो के प्रति लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रेणुका यादव भी उपस्थित थी ट्रेन तिल्दा स्टापेज दुर्ग से छूटने वाली दुर्ग जम्मूतवी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब तिल्दा स्टेशन पर भी रूकेगी इस ट्रेन के प्रायोगिक ठहराव की शुरूवात आज हुई इस मौके पर सांसद रमेश बैस विधायक जनक राम वर्मा और मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर उपस्थित थे

इस संबंध में आवास और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के अनुसार गठित नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी को अटल नगर विकास प्राधिकरण अटल नगर जिला रायपुर के नाम से जाना जायेगा अधिसुचना में सभी विभागों से कहा गया है कि अब पत्राचार नया रायपुर के स्थान पर अटल नगर जिला रायपुर के नाम से किया जाए मुख्य सचिव विधानसभा चुनाव मुख्य सचिव अजय सिंह ने अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं श्री सिंह ने आज रायपुर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा निर्वाचन की प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की इधर बिलासपुर जिले के सीपत में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत महाविद्यालयीन छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया वहीं जांजगीर चांपा जिले में तृतीय लिंग समुदाय को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में कल जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा

छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ के लिए हुए निर्वाचन में रसिक परमार फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं